रिपोर्ट के अनुसार उनमें वायरस के लक्षण नहीं पाये गए हैं उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा साझा की गयी यात्रियों की सूची के अन्सार प्रभावित देशों की यात्रा करने वाले आठ अन्य लोगों में भी इसके लक्षण नही मिले हैं

समारोह का विषय राष्ट्रीय एकता रखा गया जिसका म्ख्य उद्देश्य राष्ट्रीय एकता को प्रदर्शन करना था

घटना में किसी को चोट नहीं लगी है

बदमाशों के गोली चलाने के कारण का अभी तक पता नही चल पाया है